इस दौरान उन्होंने पुलिस ध्वज फहराया और पुलिस की ट्कड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली

उन्होंने कहा कि सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण मुख्यालय को शिमला से पालमपुर स्थानांतरित किया जाएगा और पुलिस विभाग के प्रभावी कियान्वयन के लिए उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस का कामकाज धर्मशाला से संचालित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय कार्य किया है और अग्रिम पंक्ति के इन योद्वाओं की मुस्तैदी से कोई भी व्यक्ति बिना जांच व निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किए हिमाचल में प्रवेश नहीं कर सका जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में पुलिस आरक्षियों के एक हजार पदों को भरने की प्रकिया जल्द पूरी की जाएगी मुख्यमंत्री ने नुरपूर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा की अनुराग ठाक्र केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाए किए गए उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लोगों को कोरोना काल में मास्क व सेनेटाईजर निशुल्क उपलब्ध करवाए गए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसी कड़ी में कल क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों को सांसद मोबाईल सेवा की तरफ से मास्क व सेनेटाईजर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे उन्होंने परीक्षार्थियों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निर्भीक होकर परीक्षा देने का आहवान किया

इनमें अधिकतर राशि गम्मीर रूप से बीमार चल रहें रोगियों के उपचार के लिए आबंटित की गई

इसके बाद उन्होंने जलेरा में विभिन्न विकासकार्यों का निरीक्षण किया और तीन विभिन्न सड़क योजनाओं के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याओं का निपटारा भी किया राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति व नागरिक उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि राज्य में लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है वे आज स्वास्थ्य खंड घुमारवीं में आशा कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड मोबाईल फोन वितरित करने के अवसर पर बोल रहे थे राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को गति देने के लिए विभाग की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं आशा कार्यकर्ता मोबाईल के माध्यम से लोगों को प्रदान करेंगी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीण स्तर पर अहम भूमिका निभाते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक किया

रजनी पाटिल के स्थान पर राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है विधायक आशा कुमारी को भी पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को पार्टी प्रदेश प्रभारी बनने पर शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को राजीव शुक्ला के प्रभारी बनने से उनके लम्बे राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा